धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्षो से भारत में रह रहे अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत में नागरिकता मिलनी चाहिए अनुराग ठाक्र ने कहा कि इन देशों में लोगों को धर्मान्तरण के लिए मजबूर किया जाता था उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में नागरिकता का अधिकार दिया है केन्द्रीय मंत्री ने लोगों से नेताओं के बहकावे में न आने का आग्रह करते हुए कहा कि ये अधिनियम लोगों को नागरिकता देने का है न की छीनने का उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यक वर्ग की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसा प्रचार कर रहे हैं

आज मण्डी में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी महेन्द्र सिह ठाकुर ने कहा कि मण्डी जोन के तहत आने वाले मण्डी व कुल्लू जिलों में जल जीवन मिशन ब्रिक्स व एडीबी के सहयोग से पेयजल व सिंचाई योजनाओं का काम प्रगति पर है उन्होंने अधिकारियों को कार्यो में तेजी लाने को कहा

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिला के धारकंडी क्षेत्र की भलेड़ पंचायत में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन की आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से इस केन्द्र का संचालन पंचायत घर से हो रहा है और अब जल्द ही इसे अपना भवन मिल जाएगा

उन्होंने प्रदेश सरकार की सहारा योजना की जानकारी देते हुए लोगों से इसका लाभ लेने का आग्रह किया शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को फील्ड में जाकर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने को कहा वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने देश में राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में आज अस्थिरता का माहौल बन गया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि नए कानून से लोगों में क्रोध और भय का माहौल है जो देशहित में नहीं है वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश में मौजूदा हालात केन्द्र सरकार द्वारा बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का परिणाम है उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है जबकि देश की जीडीपी में भी भारी गिरावट से अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और केन्द्र सरकार मौन है वीरभद्र सिंह ने कहा कि देशहित में नागरिकता संशोधन कानून पर पुनः विचार कर सभी राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों की राय लेनी चाहिए हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चम्बा जिला की चुराह घाटी में गंदम सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के खाद्य आपूर्ति निगम को निर्देश दिए हैं खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान बिजली आईपीएच और लोकनिर्माण विभागों को मुस्तैद रहना चाहिए

उन्होंने पटवारी और पंचायत सचिवों को मकानों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट देने में पूरी संदेवनशीलता बरतने के निर्देश दिए मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जबकि अन्य भागों में बादल छाए रहने से ठण्ड का जोर बढ़ गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में आज तीसरे दिन भी रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है घाटी के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे चल रहा है जिससे लोगों खासतौर पर दमा के मरीजों और छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पलजोर ने छोटे बच्चों को गर्म कपड़े जबकि दमा के मरीजों को ठण्ड में बाहर न निकलने व धुंए से बचने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित अन्य जिलों में शीतलहर बढ़ गई है

प्याज प्रदेश में प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं